मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार सहकारिता क्षेत्र को किया जाएगा प्रोत्साहित सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूलों को दसवीं व बारहवीं के विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड किसी भी कारण से न रोकने के निर्देश गोबर धन भारत सरकार ने इस बार बजट में स्वच्छ भारत के तहत गांवों में बायो गैस के माध्यम से वेस्ट दू वैल्थ और वेस्ट दू एनर्जी बनाने पर बल दिया है इस उददेश्य के लिए गोबर धन नामक योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है

इस के सद्गयोग के लिए ही भारत सरकार ने वेस्ट दू वैल्थ और वेस्ट दू एनर्जी बनाने पर बल देते हुए गोबर धन नामक योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार इस योजना से जहां गांव स्वच्छ बनेंगे वहीं मवेशियों के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट व बायोगैस में बदलकर उससे धन व उर्जा पैदा की जा सकेगी

सिरमौर जिले के विभिन्न इलाकों के किसान गोबर धन योजना को फायदेमंद मानते हैं

निश्चित रूप से गोबर धन योजना का भरपूर लाभ लेकर ग्रामीण आर्थिकी को सुधारने के साथ साथ स्वच्छता की दिशा में भी नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं शिशु शर्मा शांतल आकाशवाणी समाचार शिमला स्मृति ईरानी सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रसार भारती की विषय वस्तु को और अधिक समृद्ध बनाने पर जोर दिया है

उन्होंने कहा कि कर दाता प्रसार भारती को हर साल दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए देते हैं ताकि लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण के कार्यक्षेत्र को जीवंत और फलता फूलता बनाए रखा जा सके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र में पूर्व के नियमों व कानूनों में बदलाव किए जाएंगे सोलन में आज राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है ताकि सहकारिता से जुड़ कर अधिक से अधिक लोग रोजगार हासिल कर सकें जयराम ठाकुर ने विपक्षी दलों से भी राजनीति छोड़ सहयोग का आग्रह किया

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को और अधिक सुगम बनाने के प्रयास किए जाएंगे सम्मेलन में विधायक परमजीत पम्मी और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने अधिकारियों से केन्द्रीय योजनाओं में गति लाने व इनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया है आज चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक साधनों के आधार पर विकास की एक नई तस्वीर बनाने की कोशिश कर हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा कि चम्बा में प्रस्तावित सीमेंट उद्योग लगाने संबंधी सारी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएंगी बाद में शांता कुमार ने केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा भी की विधायक पवन नैयर जीया लाल और विक्रम जरयाल भी बैठक में मौजूद रहे विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने सरकार द्वारा शुरू विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने की जरूरत बताई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शिमला में आज कायाकल्प पुरस्कार वितरण समारोह में उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में जैनरिक दवाईयों की उपलब्यता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए मिशन के तहत उन्होंने कायाकल्प पुरस्कार वितरित किए वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी उन्मूलन मॉडल तैयार किया जा रहा है ताकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके वे आज हमीरपुर में ज़िला परिषद व पंचायत प्रतिनिधियों को एक सम्मेलन में बोल रहे थे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रहती है और उन्हें विकास कार्य समयबद्ध पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए इस मौके सांसद अनुराग ठाकुर व विधायक नरेन्द्र ठाकुर भी उपस्थित रहे

उन्होंने इन पंचायतों में स्वच्छ पेयजल के लिए संबंधित विभाग को समय रहते प्रबंध करने को कहा ताकि गर्मियों में लोगों को पेयजल की समस्या न हो बिंदल ने कहा कि कोलर पंचायत में नई सिंचाई योजना बनाई जाएगी राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने मंडी जिले में सरकाघाट निर्वाचन क्षेत्र की ढलवाण पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली ढलवाण पौंटा सड़क का आज भूमि पूजन किया इस मौके एक जनसभा में उन्होंने कहा कि लोगों को घर द्वार पर सड़क सुविधा देने के प्रति सरकार वचनबद्ध है विधायक इन्द्र सिंह ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर इलाके की अनदेखी का आरोप लगाया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने और स्तर सुधारने पर प्रशासन को गम्भीरता से विचार करना होगा शिमला में आज एक सम्मेलन में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सुरेश भारद्वाज ने उच्च शिक्षा युक्त शिक्षकों के बावजूद प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की कम उपस्थिति पर चिंता जताते हुए इसे सुधारने के लिए सभी वर्गों में तालमेल की जरूरत बताई इस मौके शिक्षा सचिव अरूण शर्मा ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा में समय समय पर बदलाव करने पर बल दिया

बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक केके चौधरी ने बताया कि ऐसी कई शिकायतें मिल रही हैं कि सीबीएसई से संबद्व स्कूल बच्चे की खराब कारगुजारी समेत कई अन्य कारणों से एडमिट कार्ड रोक रहे हैं उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल पात्र बच्चे को परीक्षा देने से नहीं रोक सकता और अगर कोई ऐसा मामला सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी

कुसुम सदरेट ने बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखने का दावा किया बुनकर भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ की एक बैठक हथकरघा व हस्तशिल्प निगम के उपाध्यक्ष संदीप कटवाल की अध्यक्षता में आज कुल्लू में हुई इस मौके उन्होंने बुनकरों के उत्थान पर चर्चा की और केन्द्रीय योजनाओं की जानकारी दी संजीव कटवाल ने कहा कि कुल्लू के नेचर पार्कों में छोटे बुनकरों के लिए काउंटर खोलने पर सरकार से चर्चा की जाएगी मुदमावा सड़क किन्नौर जिले के भावा व लाहौल की स्पिति घाटी के मुद को जोड़ने वाली मुद भावा सड़क निर्माण को केन्द्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है इसके बनने से शिमला से काजा की दूरी करीब डेढ़ सौ किलोमीटर तक कम होगी और स्पिति के लोगों व सेना की समदो स्थित सैन्य छावनी तक रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी

विधायक राकेश जम्वाल और विनोद कुमार ने अस्पताल में घायलों का कुशलक्षेम पूछा